उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के मानकों की पालना करते हुए दो कुर्सियों से बीच में जगह छोड़ी जाएगी सिनेमा हॉल में फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा और सभागारों के अंदर हवा के आने जाने की व्यवस्था की जाएगी सिनेमा हॉल परिसर को समय समय पर सैनिटाइजर किया जाएगा

इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्वतियों से जुड़ा है दिशा निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू परिवर्तन पर बल दिया गया है स्कूलों को स्वयं की मानक संचालन प्रक्रियाएं तय करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है मुख्यमंत्री अटल टनल रोहतांग के निर्माण से लाहौल घाटी में पर्यटन विकास को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस टनल से देश के सैन्य बलों को वर्षभर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आवाजाही की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि मनाली लेह लददाख सड़क मार्ग सुरक्षा के लिहाज से बहत अहम है और अटल सुरंग से सैन्य बलों को कम समय में आवाजाही के साथ साथ आयुद्ध सामग्री की आपूर्ति करने की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि समी मौसमों में सुरंग के खुले रहने से लाहौल स्पीति के लोगों को भी लाभ मिलेगा और वे वर्षभर देश के साथ सम्पर्क में बने रहेंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद आसानी से मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और मटर ब्रौकली व आलू सहित अन्य प्रमुख फसलें अब ट्रकों में नहीं सड़ेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग से मनाली लाहौल स्पीति की कई किलोमीटर दूरी कम होने से पर्यटकों को भी सुविधा होगी

भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा मेले रैली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपायों पर अमल करना जरूरी है

मंत्रालय ने इस तरह के आयोजन स्थलों की सीमाओं की पहचान करने और उनमें थर्मल स्क्रीनिंग सामाजिक दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने की विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा है रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान जमा होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होने का ध्यान रखने को कहा गया है कई सप्ताहों तक चलने वाली प्रदर्शनियों मेलों पूजा पंडालों रामलीला पंडालों या संगीत और नाटक समारोहों में भी लोगों की संख्या का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थंलों पर एक साथ पहंचने की बजाय कुछ अंतराल से पहंचें दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर ही उत्सवों के आयोजन की इजाजत होगी वीरेन्द्र कंवर प्रदेश में पंचायत घरों का निर्माण मिनी सचिवालय की तर्ज पर होगा जहां एक छत के नीचे ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विभागों की सुविधाएं उपलब्ध होगी ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ये बात चुराह विधानसभा क्षेत्र के तहत तीसा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही उन्होंने कहा कि ज़िला चंबा के तीसा और भरमौर को मनरेगा योजना के तहत मॉडल ब्लॉक के तौर पर विकसित किया जाएगा और इस मॉडल को अन्य जगहों पर भी लागू किया जाएगा वीरेन्द्र कंवर ने तीसा में एक पंचायत चार काम योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसके तहत हर तीन महीने के लिए प्रत्येक पंचायत में चार बड़े काम शुरू किए जाएंगे और तीन महीने की अवधि में जब ये काम पूरे होंगे तो उसी तर्ज पर अगले तीन महीने के लिए दोबारा लक्ष्य तय किया जाएगा

इस दौरान स्थानीय विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी मौजूद रहे ज्ञापन प्रदेश वूल फैडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष भेड़ पालकों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया

कपूर ने कहा कि भेड़पालकों के व्यवसाय को संरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है राज्यपाल ने कहा कि फैडरेशन द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे है उन्होंने सुझाव दिया कि इससे जुड़े लोगों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक मिल सके राज्यपाल ने भेड़पालकों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने व उनकी समस्याओं का हरसंभव समाधान करने का आश्वासन दिया ताकि वे अपना व्यवसाय जारी रख सके

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर राजनीतिक महत्वकांक्षा के चलते कोरोना महामारी फैलाने के आरोप लगाए हैं शिमला से जारी एक बयान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि भाजपा नेता जिस तरह से संक्रमित होते हुए बड़ी जनसभाओं में जा रहे हैं उससे खतरा अधिक बढ़ गया है और ये गंभीर चिंता का विषय है